और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट जारी

संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा आठ जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बीस बैठकें आयोजित की जायेंगी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का अंतिम सत्र होगा इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बूलाई है वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एनडीए सरकार देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है जबकि कांग्रेस पार्टी जांच एजेंसियों के कामों में रूकावट डाल रही है पार्टी के नेता शाहनवाज हसैन ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लड़ने का अपना वादा पूरा किया है उन्होंने कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा राज्य में पन्द्रह से इकतीस दिसम्बर तक जनसम्पर्क अभियान शुरू करेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पटना में आयोजित बैठक में इस बात की घोषणा की श्री राय ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दिशा निर्देशों के अनुसार पार्टी इस जनसम्पर्क अभियान के दौरान लोगों को केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देगी उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले साल फरवरी माह में बिहार का दौरा भी करेंगे श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है बैठक में उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ पार्टी के वरिष्ट पदाधिकारी शामिल हुये केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर अब किसी से बातचीत नहीं की जायेगी श्री क्शवाहा आज नवादा में प्रदेश में शिक्षा की बदहाली पर आयोजित उपवास के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सीटों के तालमेल पर भाजपा से बातचीत का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्दधन राठौड ने कहा है कि देश में खेलकूद के लिए माहौल और लोगों की सोच बदल रही है आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यकम को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नये उभरते खिलाडियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने के लिए ओलिम्पिक टास्क फोर्स का गठन किया है श्री राठौड़ ने कहा कि स्कूल स्तर पर ही खेल प्रतिभाओंका पता लगाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंढ़ी हवा के कारण राजधानी पटना सहित प्रे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस और गिरावट की सम्भावना व्यक्त की है प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुबह से ही आसमान में धुंध की स्थिति बनी हुई है आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान गया रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है वहीं पूर्णियां का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ पटना का दस दशमलव चार और भागलपुर का दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वित्त मंत्रालय ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ा दी है अब कारोबारी इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि इकतीस दिसम्बर थी सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार इसके लिए जरूरी फार्म शीघ्र ही जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा देश में सभी स्टार्ट अप को सूचीबद्ध करने की एक बड़ी पहल के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आध्निक कारोबारियों को कई छूट देने की योजना बनाई है सेबी ने इस वर्ष जून में स्टार्ट अप प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था सेबी ने जिन बदलावों की सिफारिश की है उनमें पात्र सांस्थानिक निवेशकों के नियंत्रण वाली प्री ईश्यू पूंजी का न्यूनतम पचास प्रतिशत रखने की आवश्यकता समाप्त करना भी शामिल है केन्द्र सरकार ने सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल किया है इनमें नेब्यूलाइजर ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर शामिल हैं नये उपकरणों को सूची में शामिल करने से सरकार के लिए इन उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव होगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीवाशिंगटन के निमंत्रण पर दस दिवसीय दौरे पर ग्यारह दिसम्बर को अमेरिका जाएंगे इस अवसर पर वाशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेता बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधार पर अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र के नीति निर्धारकों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विमर्श करेंगे इसके अलावा अमेरिका में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा केयर के अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय में शिशु और मातृत्व मृत्यु दर परिवार नियोजन टीकाकरण का स्वास्थ्य तथा पोषण पर हुए प्रभाव की विस्तृत समीक्षा करेंगे दौरे के अन्तिम दिन वाशिंगटन में विश्वबैंक से सम्पोषित जीविका कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में बैंक के अधिकारियोंके साथ समीक्षा बैठक होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रथम इन्टर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कारवाई की जाएगी आगामी चौदह दिसम्बर को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक राजभवन में होगी इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के सुधार और विकास के लिए किये गये कार्यो के संबंध में कुलपतियों से वार्ता करेंगे बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा सहित शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में किसानों को तीन हजार दो सौ अस्सी रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि जीरो टिलेज मशीन से धान की कटाई के बाद उसी खेत में बिना जुताई के गेहूँ की बोआई की जा सकती है उन्होंने कहा कि इस तकनीक से गेहूँ की पैदावार में भी वृद्धि होती है राज्य सरकार के कौशल विकास योजना में शेखप्रा जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है रोहतास दूसरे और बेगूसराय के युवा तीसरे नंबर पर रहे हैं कुशल युवा प्रोग्राम के तहत युवाओं को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण संवाद कौशल अंग्रेजी और व्यवहार कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के नरगंजो हॉल्ट पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गयी सीतामढी जिले में स्थानीय सांसद रामकुमार शर्मा और जिला पदाधिकारी रणजीत कुमार सिंह ने विकास जागरूकता रथ को रवाना किया मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर सुजीत के पिता और पत्नी को गिरफ्तार किया है मूजफ्फरपूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेनिंजाइटिस से पीड़ित एक बच्चे की मौत हो गयी है वहीं अन्य तीन बच्चों का इलाज चल रहा है खगड़िया जिले के राकों चन्द्रनगर निवासी भोला यादव की कैंसर से पीड़ित पत्नी उषा देवी के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख इक्यानवे हजार एक सौ रूपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के मंक्षार मोड़ के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी रोहतास जिले में कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय विद्यालय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अन्डर फोरटीन वर्ग में सुपौल की टीम ने गोपालगंज को पराजित कर दिया प्रदेश के कटिहार गोपालगंज भोजपुर शिवहर अररिया और जमुई जिले में अलग अलग स्थानों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में शराब के साथ बारह से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले में नूरसराय थाना क्षेत्र के बड़ारा गांव में विषाक्त भोजन खाने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गयी सभी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में म्यूजियम के पास एक अपार्टमेंट की छत से पूर्व आईजी की पूत्री ने कूदकर आत्महत्या कर ली पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के निवरिघाट मोड़ पर ट्रैक्टर के पलटने से दो लोगों की मौत हो गयी सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के भेलाही गांव के पास से पूलिस ने एक यूवक को एक देशी कट्टा और कुछ कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा

और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट जारी